प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह और अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अगले कुछ सप्ताह तक सारा ध्यान जांच करने संक्रमित लोगों का पता लगाने उन्हें घरों पृथक केन्द्रों या अस्पतालों में अलग रखने पर होना चाहिए

साथ ही संकट की इस घड़ी में आवश्यक व्सतुओं दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार इंटर स्टेट सप्लाई चेन प्रोटोकॉल शीघ्र लागू करें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकमण के कारण लॉक डाउन होने से प्रदेश का पूरा अर्थतंत्र प्रभावित हो रहा है

इनमें से सात जयपुर शहर के रामगंज क्षेत्र से हैं दो मामले जोधपुर से और झुंझुनू भरतपुर धौलपुर और उदयपुर से एक एक मामले सामने आए हैं

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि कोरोना संकमण की जांच के लिए राज्यभर में रेण्डम सैम्पल लिए जाएंगे

चिकित्सा विभाग इन लोगों की जांच कर इन्हें क्वारेंटीन करने में जुट गया है चूरू में सात लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद चूरू और सरदारशहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है टोक में तंबलीगी जमात हिस्सा लेकर आये चार लोग कोरोना संक्रमित मिले जिन्हें ईलाज के लिए जयपुर रैफर कर दिया गया है

पाली में भी दस ऐसे लोग मिर्ल है जिन्होंने तबलीगी जमात में हिस्सा लिया था

पत्र में कहा गया है कि केन्द्र सरकार लोगों के लिए एक वेंबपोर्टल बना रही है ताकि वे तथ्यों की जांच कर सके और झूठी खबरों को तत्काल खारिज कर सकें राज्यों और केन्द्र शासित प्रदशों से भी कहा गया है कि वे अपने अपने स्तर पर ऐसी ही व्यवस्था करें उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए फेक न्यूज यानि झूठी खबरों से उत्पन्न भगदड की स्थिति पर गंभीर थिंता व्यक्त की जिससे बडी संख्या में प्रवासी मजदूरों की पलायन की समस्या पैदा हुई अदालत ने कहा कि राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को भोजन और दवाइयों जैसी बुनियादी सुविधाए सुनिश्चित की जानी चाहिए

यह राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के राज्यपालों उप राज्यपालों तथा प्रशासकों के साथ ऐसी दूसरी वीडियो कांफ्रेस होगी

शेष राज्यपाल उपराज्यपाल और प्रशासक कल होने वाली वीडियो कांफ्रेस में अपने अपने अनुभव साझा करेंगे

महेश उत्तम चंदानी ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बीमारी के दौरान अपनी दिनचर्या के बारे में जानकारी दी

राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए उनसे घर पर ही पूजा अर्चना करने की अपील की